प्रदेश में लुप्त हो रहे विशेष उत्पादों का होगा संरक्षण पंजीकरण कराने वाली संस्थाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता प्रदेशभर में आज नवरात्र पर्व के तहत मनाई जा रही है महासप्तमी

इसके साथ ही अस्पताल में गहन चिकित्सा ईकाई और ई लाईबेरी का भी लोकार्पण किया गया इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल की उपलब्धियों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल सहित कई मंत्री और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तथा डॉक्टर मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में गृह विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रलिस संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ विशेष रणनीति बनाकर कड़ी कार्रवाई करें श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने थाने में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है

इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को प्रशासनिक और वित्त मंजूरी दे दी गई है एसओजी द्वारा नई किस्म के संगठित आर्थिक अपराधों की जांच के लिए सीरियस फोर्र इन्वेस्टिगेशन यूनिट और इंटरनेट से संबंधित अपराधों के लिए साईबर काइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन होगा

गृहमंत्री ने उनसे कहा कि वे इससे संबंधित विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे ताकि इन मुद्दों का समाधान किया जा सके गृहमंत्री ने आतंकवाद उग्रवाद भ्रष्टाचार हथियारों मादक पदार्थो और मवेशियों की तस्करी के प्रति केन्द्र सरकार की बिलकूल बर्दाशत नहीं करने की नीति पर बल दिया

कल मुंबई में बैंक की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है

रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे बैंकों को अपनी निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी इस साल दिसम्बर से ग्राहकों को चौबीसों घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होगी इस समय यह सेवा शाम पौने आठ बजे तक ही उपलब्ध है रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढाकर सवा लाख रुपये करने का फैसला किया है उधर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से देश में विकास को बढ़ावा देने को हाल के प्रयासों को बल मिलेगा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कल जयपूर में राज्य के उत्पादों को भौगोलिक संकेतक में शामिल करने के लिए उद्योग कृषि हार्टीकल्वर खाद्य पर्यटन वन विमाग और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही

उन्होंने कहा कि जी आई पंजीकरण कराने वाले संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क का भी पुनर्भरण किया जाएगा उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इस संबंध में जागरूक किया जाएगा

रिफाइनरी में फिलहाल दस हजार करोड के कार्य प्रगति पर है

राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में राजभवन में उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायेंगे

घरों और मंदिरों में आज सवेरे से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मॉ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है जयपूर में विभिन्न स्थानों पर बंगाली समाज के लोगों द्वारा पंडाल लगाकर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है दुर्गा पूजा में महा सप्तमी के दिन नबपत्रिका पूजा का विशेष महत्व है

पूलिस ने बताया कि पिलानी होकर यह डोडा पोस्त हरियाणा ले जाया जा रहा था पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लोहारू मार्ग पर नाकाबंदी देखकर तस्कर डोडापोस्त से भरा वाहन लेकर तेजी से भाग रहे थे पुलिस ने पीछा कर वाहन को रूकवाया और उसमें भरा डोडापोस्त जप्त कर लिया पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है

उन्होंने कल दोहा में विश्व चैम्पियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की